प्रधानमंत्री आज हरियाणा के सिरसा जिले में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन के समय करतारपुर साहेब को भारत में मिलाने की कोशिश नहीं की थी श्री मोदी ने कहा कि साम्प्रदायिक सौहार्द के नाम पर अब तक देश को गुमराह किया जाता रहा है उन्होंने कहा कि कॉप्रेस ने कश्मीर में सूफी संस्कृति को कुचल दिया और राज्य के कुछ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिये आम जनता की अनदेखी की

उन्होंने कहा कि अगर ऐसा था तो पिछले सत्तर वर्षों में इसे क्यों नहीं हटाया गया सत्तर साल तक समस्याओं में उलझाते रहे सार्थक समाधान के लिए ईमानदार कोशिश ही नहीं की गई जम्मू कश्मीर में निर्दोष लोग मरते रहे हरियाणा सहित पूरे भारत के वीर कश्मीर की हिफाजत के लिए वहां के नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को बलिदान देते रहे शहीद होते रहे प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों के लिये होने वाले उपचुनाव का प्रचार आज शाम छ बजे समाप्त हो गया

निर्वाचन आयोग ने मतदान की पूरी तैयारी कर ली है उपचुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से कराने के लिये केन्द्रीय बल की तैनाती की गयी है ग्यारह सीटों के लिये कुल एक सौ दस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं राज्य की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वे हैं लखनऊ कैण्ट सहारनपुर की गंगोह रामपुर अलीगढ़ की इगलास कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकूट की मानिकपुर प्रतापगढ़ बाराबंकी की जैतपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी इनमें से रामपुर और जलालपुर को छोड़कर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं अंतर मंत्रालयीय समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में प्याज टमाटर और दालों के मूल्यों इनकी उपलब्धता की स्थिति तथा आपूर्ति बढ़ाने की समीक्षा की गई उपमोक्ता मामले तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार मदर डेयरी ने टमाटर पचपन रुपए किलो की दर से बेचने पर सहमति जताई है मंत्रालय ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से प्याज की ताजा खेप आनी शुरु हो गई है आगामी त्यौहारों के मद्देनजर नेपाल सीमा से सटे देवीपाटन मंडल में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिये गये हैं देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक डाराकेश सिंह ने आज कहा कि देवीपाटन मंडल के गोण्डा बहराइच बलरामपुर और श्रावस्ती में किसी भी गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर दो सौ पैंतालीस किलोमीटर खुली भारत नेपाल सीमा पर सीमा सुरक्षा एजेंसियों और आंतरिक नागरिक पुलिस को हाई एलर्ट पर रखा गया है इसके अलावा सीमावर्ती जिलों में फैले जंगलों द्र्गम मार्गों सड़क और अन्य गैर परम्परागत रास्तों पर खुफिया सी सी टी वी कैमरों तथा अन्य संसाधनों से सीमा पर आने जाने वाले पुरुषों और महिलाओं की सघन तलाशी ली जा रही है साथ ही मंडल के सभी चार जिलों गोंडा बलरामपुर बहराइच और श्रावस्ती में पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रदंध किए हैं रेलवे स्टेशनों बस अड्डाँ सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गश्त बढ़ा दी है हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या की जांच कर रही प्रदेश पुलिस ने आज ग्जरात के सुरत से तीन लोगों को गिरफ्तार किया इसके साथ ही पुलिस ने हत्या का मामला सुलझाने का दावा किया है राज्य के पुलिस महानिदेशक ओ पी सिंह ने बताया कि कमलेश तिवारी की हत्या प्रथम दृष्टया कदृरपंथियों द्वारा की गयी लगती है हालांकि किसी आतंकवादी गुट के साथ इसके संबंध की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हत्या में चार पांच लोग शामिल थे तीन षडयंत्रकारियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है जबकि हत्या को अंजाम देने वाले दो अन्य लोगों की तलाश जारी है

उनके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी जानकारी इक्टा कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास की जा रही है आगरा हाथरस राजमार्ग पर खदौली के पास आज सुबह हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गयी

दुर्घटना में एक गर्भवती महिला भी गम्मीर रूप से घायल हुयी है जिसे उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है कार सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताये जा रहे हैं और ये लोग गर्भवती महिला को इलाज के लिये आगरा ले जा रहे थे